वे आज भारत पाक सीमा पर बीकानेर के खाजूवाला में सतनाम चौकी के निरीक्षण के बाद जवानों को संबोधित कर रहे थे

गृह मंत्री ने बीएसएफ सैक्टर मुख्यालय पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यकम में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि भारत पाक सीमा की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी सीमा प्रहरियों के कंघों पर है और सीमा पर तैनात जवान देश की एकता और अखण्डता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं गृह मंत्री ने जवानों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याए सुनीं इस अवसर पर उनके साथ बीएसएफ के महानिदेशक आर के मिश्रा राजस्थान फंटियर के महानिरीक्षक अनिल पालीवाल और सीमा सुरक्षा बल के अन्य अधिकारी मौजूद थे

सरकारी अधिसुचना में कहा गया है कि राजस्व विमाग ने रेवन्यू इंटेलीजेंस इंस्टीट़यूट की सिफारिशों के आधार पर यह शुल्क लगाया है कुछ घरेलू इस्पात उद्योगों ने चीन के इस्पात उत्पादों पर शुल्क लगाने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साई मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया श्री मोदी ने साई मंदिर में पूजा अर्चना की और साईबाबा समाधि के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देश भर से पेशेवरों विशेषज्ञों और प्रौद्यागिकीविदों को आमंत्रित किया है

इस बीमारी को लेकर लोगों में दहशत नहीं फैले इसके लिए चिकित्सा विभाग विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि जीका वाइरस की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं जयपुर में अब तक एक लाख से अधिक घरों में सर्वे किया जा चुका है इसके अलावा कई क्षेत्रों में फोगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां लगातार जारी है पर्यटन स्थलों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है श्री सराफ ने कहा कि जीका जानलेवा बीमारी नहीं है मच्छरों से सावधान रहकर इससे बचा जा सकता है

यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस दिन को नवरात्र और दुर्गा पूजा के समापन के रूप में भी मनाया जाता है विभिन्न स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण र्मेघनाद और कुमकरण के पुतले जलाए जा रहे हैं रावण दहन के साथ दशहरा मेले और आतिशबाजी के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं विजयादशमी के अवसर पर कई स्थानों पर विजय जुलूस और शोभायात्राएं भी निकाली गईं

हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि दशहरा मेले में सांस्कृतिक कार्यकम और आतिशबाजी भी होगी

डूंगरपुर के सागवाड़ा बिछीवाड़ा आसपुर और सीमलवाड़ा में पारम्परिक श्रद्धा के साथ दशहरा मनाया जा रहा है यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए रावण मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों की पड़ौसी राज्य गुजरात में भी अच्छी मांग हैं करौली में विजयादशमी पर आज बैण्डवादन के साथ झांकियां निकाली गई जलसेन तालाब पर रावण दहन किया जाएगा सिरोही के माउंटआबू में दशहरे की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं वहीं टोंक में विजयादशमी शोभायात्रा का स्वागत मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया उदयपुर में नवरात्रा समापन पर आज मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन शहर की विभिन्न झीलों पिछला फतहसागर और दूधतलाई पर किया जा रहा है जिसमें श्रद्वालु उल्लास और उमंग के साथ मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं

नये मतदाताओं को मतदान प्रकिया से रूबरू करवाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं हमारे सवाईमाघोपुर संवाददाता ने बताया कि स्वीप कार्यकम के तहत मतदाता जागरूकता संदेश दिए जा रहे हैं उधर हनुमानगढ जिले में मतदान प्रतिशत बढाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुभंकर का विमोचन किया

पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा ने बताया कि ई एफआईआर के जरिये जनता बिना थाने जाए अपने वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगी

वैंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ इसके बाद गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया जिसमें विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं को पुरूस्कृत किया गया

महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

च्रू जिले के सालासर में पांच दिन का मेला आज से शुरू हुआ मेले में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सालासर पहुंच रहे हैं करौली जिले के झारीला मंडरायल क्षेत्र में बाघ मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर उसे खोजने की कोशिश कर रही है

इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़तार किया गया है बाड़मेर जिले के बालोतरा में दो महीने पहले हुए महबूब हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है